प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य सदस्यों ने शपथ ली

स्लग लोकसभा सत्र नवनिर्वाचित लोकसभा का पहला सत्र आज सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ अस्थाई अध्यक्ष डॉ वीरेन्द्र कुमार ने नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाई सबसे पहले प्रधानमंत्री और सदन के नेता नरेन्द्र मोदी ने शपथ ग्रहण की राज्यसभा की बैठक ब्रहस्पतिवार से होगी

लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को बृहस्पतिवार को संबोधित करेंगे केन्द्रीय बजट अगले महीने की पांच तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद के इस सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दल चर्चा में भाग लेंगे सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को अपनी संख्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है स्लग रिपोर्ट विमोचन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए जन सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है किस क्षेत्र को कैसे विकसित किया जा सकता है इस पर भी अध्ययन करना होगा देहरादून में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की जनपद अल्मोड़ा की रिपोर्ट का मुख्यमंत्री ने विमोचन किया इस रिपोर्ट में जनपद अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और पलायन को कम करने के उपायों पर सुझाव दिये गये हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन को रोकने के लिए जिन जनपदों का सर्वे हो चुका है उनके लिए आगे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए उन्होंने पलायन को रोकने और रिवर्स माईग्रेशन के लिए सक्सेस स्टोरी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनान के भी निर्देश दिये ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा अभी तक चार रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की जा चुकी हैं स्लग एयर इंडिया सेवा एयर इंडिया जल्द ही देहरादून से मुंबई के साथ ही देहरादून बनारस कोलकाता हवाई सेवा शुरू करने जा रही है मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक अश्वनी लोहानी ने यह जानकारी दी इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार और पर्यटन विकास से सम्बन्धित विषयों पर भी चर्चा की मुख्यमंत्री ने श्री लोहानी से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा संचालन की भी अपेक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चौखुटिया में हवाई पट्टी बनाने का भी प्रयास कर रही है

सभी जिलों में अधिकारियों स्थानीय समुदायों विधायक गणमान्य लोगों ने भाग लिया रूद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल कमिश्नर और जिलाधिकारी ने पौधरोपण किया इस योजना के लिए सात जिलों में जमीन का बंदोबस्त किया गया हैं पहले चरण में जिले के सभी अधिकारियों और स्थानीय समुदायों ने वृक्षारोपण के लिए धन का योगदान दिया अगले चरण में पर्यटक स्थानीय समुदाय तीर्थयात्रियों को इस योजना में दो हजार रुपये स्मृति वन काउंटर पर जमा कराने होंगे इसके बाद वे अपने पूर्वजों की याद में पौधरोपण कर सकेंगे तीर्थयात्रियों से पौध के लिए जो शुल्क लिया जाएगा उसे स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा स्वयं सहायता समूह ही स्मृति वन को बनाने से लेकर उसकी देखरेख का सारा काम करेंगे समूहों को हर हफ्ते रोपे गए पौधे की फोटो खींचकर उसे स्मृति वन के मोबाइल एप पर डाउनलोड करना होगा स्लग योग शिविर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों में योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है

इस शिविर में आईटीबीपी जवानों के साथ ही स्थानीय लोग भी योग के गुर सीख रहे हैं वाहिनी के सहायक कमांडेंट सुशील कुमार कुकरेती ने बताया कि शिविर में प्रशिक्षित योगा आचार्यो के माध्यम से जवानों के साथ साथ स्थानीय महिलाओं बच्चों और युवाओं को योगाभ्यास कराया जा रहा है जिले के चम्पावत टनकपुर लोहाघाट खेतीखान आदि स्थानों में पतंजलि योगपीठ द्वारा भी योग कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है स्लग क्रैंक महोत्सव अल्मोड़ा के उदय शंकर नृत्य अकादमी में चल रहे क्रैंक फेस्ट का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है अन्तिम दिन का मुख्य आकर्षण कुमाऊंनी रामलीला का मंचन रहा अल्मोड़ा की ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध रामलीला को एक नये रूप में प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है जिसे नन्दादेवी रामलीला कमेटी द्वारा क्रैंक फेस्ट के दिन प्रदर्शित किया गया रामलीला के इस नये रूप का केवल ढाई घण्टे में मंचन किया गया इस रामलीला में सीता स्वयंवर सीता हरण सूर्पनखा प्रसंग आदि प्रमुख रहे इसके अलावा एक माउंटेनिंग कार्यशाला का भी आयोजन किया गया

तहसील के बानपुर में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई स्थानीय लोगों के मुताबिक कार बानपुर से त्यूणी बाजार जा रही थी बताया जा रहा है कि कार में एक ही परिवार के छह लोग सवार थे यह परिवार सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर का था कार में उनकी पत्नी बहन दो बच्चे और एक अन्य रिश्तेदार सवार थे घटना की सूचना मिलने पर त्यूनी पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शवों को अपने कब्जे में ले लिया है मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है

आज प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हुई जिससे गर्मी से राहत मिली राजधानी देहरादून में सुबह से तेज धूप निकली हुई थी लेकिन दोपहर बाद तेजा हवाओं केसाथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई इस दौरान ओले भी गिरे मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में देहरादून उत्तरकाशी हरिद्वार टिहरी पौड़ी चमोली रुद्रप्रयाग बागेश्वर उधमसिंह नगर नैनीताल और पिथौरागढ़ में बारिश हो सकती है साथ ही देहरादून टिहरी हरिद्वार और पौड़ी में अंधड़ और ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश होने की संभावना है

मौसम विभाग ने जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश में मॉनसून के आगमन की संभावना जताई है इससे किसानों को उम्मीद बंधी है किसानों का कहना है कि बारिश होने से सूख रहे खेतों और गन्ने की फसल को जीवनदान मिलेगा

उत्तराखंड में भी कई लोगों ने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपना व्यवसाय शुरू किया चमोली जिले में भी जिन लोगों ने इस योजना के तहत लोन लिया आज वो अपना कारोबार कर रहे हैं इस योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है और कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है यहां के रहने वाले संदीप ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेकर मोटर गैरेज शुरू किया और उनका काम अच्छा चल रहा है

ऐसे ही एक प्रतिष्ठान में नौकरी कर रही विनीता अपने पैरों पर खड़े होकर खुश है